प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कल मोतिहारी आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा को आज से सील कर दिया जायेगा सुरक्षा के मद्देनजर मोतिहारी शहर में इक्यावन चेक पोस्ट बनाये गये हैं तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री कल सुबह पटना हवाई अड्डा पहुंचेगें और हेलिकॉपटर से मोतिहारी के सभास्थल के लिए रवाना होगें जहां वे चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष समारोह के समापन सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री रेलवे और नागरिक सुविधाओं से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण और उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मधेपुरा रेल कारखाने में बने पहले इंजन को जनता को समर्पित करेंगे इसके अलावा कटिहार से नई दिल्ली के लिए हमसफर ट्रेन को रवाना करेंगे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही प्रधानमंत्री देशभर से आये स्वच्छाग्रहियों से सीधे संवाद भी करेंगे इधर सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान में शामिल होने के लिए देशभर से स्वच्छाग्रही बड़ी संख्या में मोतिहारी पहुंच रहे हैं केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि मोतिहारी के पीपराकोठी में केला अनुसंधान केन्द्र खोला जायेगा श्री सिंह ने मोतिहारी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है इसके लिए इंटीग्रेटेड खेती के तहत पशुपाल मुर्गी पालन मछली पालन के अलावा केले की खेती करनी होगी बिहार विधान परिषद के रिक्त ग्यारह सीटों पर चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जायेगी अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी

सत्रह अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि उन्नीस अप्रैल है आवश्यक हुआ तो छब्बीस अप्रैल को मतदान होगा और इसी दिन मतों की गिनती की जायेगी जिन ग्यारह सीटों पर चुनाव होना है उनमें नौ सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है एक की सदस्याता समाप्त कर दी गयी जबकि एक सीट सदस्य के निधन से रिक्त हुई है जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी प्रमुख है राज्य के अल्पसंख्यक छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राज्य के वैसे अल्पसंख्यक छात्रों को छत्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है जो केन्द्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री फिरोज अहमद ने कहा है कि इसके लिए आठ करोड़ रूपये खर्च होंगे गौरतलब है कि मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद छात्रों को इंटर की पढ़ाई के लिए केन्द्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है चारा घोटाले से जुड़े दूमका कोषागार से अवैध निकासी के एक दूसरे मामले में आज फैसला सुनाया जायेगा यह मामला लगभग चौंतीस करोड़ रूपये की निकासी से जूड़ा है इस संबंध में बहत्तर आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है सभी आरोपित पशुपालन विभाग के पदाधिकारी और आपूर्तिकर्ता है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार और जातीय तनाव पैदा करने वालों से कभी समझौता नहीं करेगी श्री मोदी ने राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद की ओर से पटना में आयोजित सम्राट अशोक के दो हजार तीन सौ तेईसवीं जयंती समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को लेकर राष्ट्रवादी सोच के साथ राज्य और देश के सत्त विकास के लिए कार्य कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे सम्मेलन में इन उपक्रमों और शीर्ष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होगे बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सर्वोत्तम प्रबंधन पर विचार विमर्श होगा और संबंधित प्रेजंटेशन प्रस्तुत किये जाएंगे आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रधानमंत्री के समक्ष कार्पोरेट प्रशासन मानव संसाधन और वित्तीय प्रबंधन तथा नवाचार जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां रखी जायेंगी राज्य के सभी जिलों में आगामी जून माह से नवजात शिशुओं को निमोनिया के टीके लगाये जायेंगे स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए तैयारी कर ली है और जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिये गये हैं वर्तमान में राज्य के केवल सत्रह जिलों में नवजात शिशुओं को निमोनिया के टीके लगाये जा रहे हैं केन्द्र सरकार ने नयी कृषि निर्यात नीति के तहत मूजफ्फरपूर की लीची को अपनी सूची में शामिल किया है इधर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि भागलपुर वैशाली बक्सर और नालंदा के प्रसिद्ध आम केला टमाटर और आलू जैसे प्रमुख उत्पादों को भी नई कृषि निर्यात नीति दो हजार अठारह में शामिल किया जाये सारण जिले में अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ चलाये गये विशेष अभियान के तहत पुलिस ने इक्यावन लोगों को गिरफ्तार किया है इनके पास से उनचास लीटर देशी शराब तिरसठ लीटर विदेशी शराब के अलावा करीब दो सौ लीटर कच्ची स्प्रिट बरामद की गयी है वहीं अवैध रूप से बालू लदे एक ट्रक को भी जब्त किया गया है राज्य के सभी सरकारी उच्च विद्यालयों में आज से नौवीं की वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है इस परीक्षा में पन्द्रह लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे मुंगेर मंडलकारा में तैनात कक्षपाल अजीत कुमार को अपराधियों ने गोली मार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया जख्मी कक्षपाल को भागलपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है बेगूसराय में गंगा समग्र की बैठक हुई बैठक में गंगा प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोगों के बीच लगातार जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय किया गया है गंगा समग्र के केन्द्रीय कमिटी के उपाध्यक्ष मोहन सिंह ने कहा कि गंगा को सिर्फ जल संसाधन के रूप में नहीं देखना चाहिए सासाराम के शेरशाह सूरी मकबरे के पास पूलिस ने छह बम बरामद किया है इस संबंध में पुलिस तीन लोगों को गिरफ्तार किया है तेज पूर्वा हवा के कारण प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है राज्य के अधिकांश हिस्सों में कालबैसाखी के कारण आंधी पानी के साथ ओलावृष्टि हुई है भागलपुर मुजफ्फरपुर और जमुई में लोकल थंडर र्स्टाम का असर देखा जा रहा है मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश की सम्भावना जतायी है अपने पूर्वानुमान में विभाग ने कहा है कि गंगा के मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की भी सम्भावना है पूर्णियां में आयोजित राज्यस्तरीय जूनियर पुषरू हॉकी चैंपियनशिप का खिताब दानापुर ने जीता है फाइनल मुकाबले में ब्यॉज स्पोर्ट्स कम्पनी दानापुर ने पटना को तीन शून्य से पराजित किया दानापूर टीम के सचिन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया वहीं पूर्णियां में खेली जा रही आठवीं बिहार राज्य जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के एक मुकाबले में खगड़िया ने भागलपुर को तीन शून्य से हरा दिया मधेपुरा में समपन्न बिहार राज्य हैंड बॉल प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में सीवान और बालक वर्ग में पटना चैंपियन बना है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 हिन्दुस्तान का शीर्षक हे सत्याग्रही से स्वच्छाग्रही बनने का संदेश देंगे पीएम महिला अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक बनाया है पत्नी को साथ रहने को नहीं कर सकते मजबूर दैनिक भास्कर की सुर्खी है दलित आरक्षण व एससी एसटी एक्ट के समर्थन में एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां दैनिक जागरण ने लिखा है अस्सी के आस पास रह सकता है जेईई मेन का कटऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये राष्ट्रीय सहारा ने शीर्षक बनाया हे कॉमनवेथ्ल गेम्स में भारत की बेटियों ने बटोरा सोना और अब अंत में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्री मोदी के मोतिहारी आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम